उज्जैन की अंबर कॉलोनी में कोरोनावायरस पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को कंटेंटमेंट एरिया घोषित किया गया था

यंहा इन्हें आईसोलेसन वार्ड में रखा गया है खण्डवा जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में संक्रमित मरीजों के मनोरंजन के लिए एलईडी टीवी केरम बोर्ड शतरंज जैसे साधन उपलब्ध कराये गये है भोपाल में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच आज यहां सार्वजनिक स्थान पर थ्कने और मास्क नहीं पहनने के कारण पांच लोगों से जुर्माना वसूला गया मंडला जिले में सोशल साइट पर अफवाह फैलाने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है शिवपुरी जिले में जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि लोग लॉक डाउन के दौरान सहयोग करें

बैतूल जिले के दो चिकित्सक अपनी सेवाएं कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान इंदौर जिले में दे रहे हैं

नरसिंहपुर जिले में ग्रामीण अंचल की स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाएँ बड़े पैमाने पर मास्क बनाकर जरूरतमंदों के साथ साथ गरीब परिवारों को म्फ्त में बाँट रही हैं उधरभारतीय जनता य्वा मोर्चा के सेल्फी विथ मास्क कार्यक्रम शुरू किया है जबलप्र प्लाज्मा प्रदेश का पहला कोरोना संक्रमित जबलप्र का अग्रवाल परिवार प्लाज़मा थैरेपी से होने वाले उपचार के लिए अपना प्लाज़मा दान दे रहा है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

सामान्य सेवा केंद्र इस समय बैंकों के लिए बैंक साथी के रूप में निर्धारित किए गए हैं

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह मास्क स्वास्थ्य विभाग सहित मेडिकल स्टोर और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराये गये हैं

इसे चाम्ण्डा माता मंदिर चौराहा देवास गेट रेलवे स्टेशन फ्रीगंज मजदूर चौराहा में रह रहे बेघर लोग खूब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इससे लोग बिना हाथ लगाये पैर से पैडल दबाकर हैण्ड वॉश एवं पानी से हाथ धोकर संक्रमण से बचाव कर रहे हैं

ये मजदूर राजस्थान मे मजदूरी करने गये थे